लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा व कांग्रेस ने प्रदेश में चुनाव प्रचार किया तेज दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों में विशेष व्यवस्था करेगा चुनाव आयोग

जयराम ठाकुर ने कहा कि केन्द्र ने विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान हिमाचल को भरपूर आर्थिक मदद दी है उन्होंने पूर्व केन्द्रीय मंत्री पंडित सुखराम और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के मिलन को स्वार्थ की राजनीति की पराकाष्ठा बताते हुए कहा कि ये दोनों राजनेता साथ रहकर भी कभी साथ खड़े नहीं रहे जयराम ठाकुर ने विश्वास जताया कि भाजपा इस बार भी चारों लोकसभा सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी जयराम ठाकुर इस बीच मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि भाजपा से भयभीत होकर कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हई है उन्होंने कहा कि हार को निश्चित मानकर प्रदेश में चारों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के टिकट पर कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है और न ही राष्ट्रीय विकास के लिए दूरदृष्टि मुख्यमंत्री ने कहा कि पांच वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने देश के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है

पांगी संघर्ष समिति के संयोजक हरीश शर्मा ने शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि राजनीतिक पार्टियों ने घाटी की जनता को सुरंग निर्माण का लालच देकर उन्हें मात्र वोट बैंक के रूप में ही इस्तेमाल किया है

हरीश शर्मा ने बताया कि सुरंग बनाने के संबंध में जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति व चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है लेकिन किसी ने भी लोगों की दिक्कतों को नहीं समझा उन्होंने कहा कि सुरंग निर्माण से न केवल घाटी की जनता को समय पर उपचार मिल पाएगा अपितु सुरक्षा की दृष्टि से भी यह सुरंग काफी लाभदायक सिद्ध होगी

सत्ती बयान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के कांग्रेसी नेता परेशान हैं एक बयान में उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय अपराधियों को सत्ताधारियों का संरक्षण मिल रहा था जो अब खत्म हो चुका है सत्ती ने विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री पर मुख्यमंत्री के प्रति बेब्नियाद बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शशि दत्त ने भी मुकेश अग्निहोत्री द्वारा की जा रही बयानबाजी का खंडन किया है

चुनाव प्रचार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप राठौर ने कहा है कि पार्टी प्रदेश में पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेगी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेगी और देश में राहुल गांधी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी इस बीच कुलदीप राठौर ने आज शिमला में प्रदेश प्रवक्ता व मीडिया पैन लिस्ट की कार्यशाला को भी संबोधित किया

उन्होंने कहा कि इंटक मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा के पक्ष में प्रचार करेगी भेंट प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी देवेश कुमार ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मुलाकात की उन्होंने राज्यपाल को प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग द्वारा की जा रही विस्तृत तैयारियों व प्रबंधों के बारे में अवगत करवाया देवेश कुमार ने बताया कि आयोग द्वारा मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

पहली उड़ान भुंतर तिंगरिट भुंतर दूसरी भुंतर रावा भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर तांदी डाइट भुंतर के बीच भरी जाएगी ये उड़ानें मौसम पर निर्भर करेगी सुरेश कश्यप लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनैतिक दलों भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है इसी कड़ी में शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने कहा है कि सिरमौर जिले के गिरिपार इलाके को जनजातीय दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी वे आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र के ददाहू में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे

उन्होंने लोगों की लंबित समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का आश्वासन भी दिया धनीराम शांडिल शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने सोलन में अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में शांडिल ने बताया कि प्रदेश में विकास के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है और पूर्व कांग्रेस सरकार के समय किए गए कार्यों का श्रेय ले रही है शांडिल ने बताया कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो क्षेत्र में किसानों के लिए फूड प्रोसैसिंग यूनिट लगाई जाएगी और विकास कार्यो को तेज किया जाएगा

ऊना जिला में चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक विकास लाबरू ने आज ऊना में एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने अधिकारियों से दिव्यांगों को मतदान के प्रति जागरूक करने को कहा ताकि कोई भी मतदाता मतदान से वंचित न रहे

उन्होंने कहा कि सशक्त लोकतंत्र के लिए सभी को मतदान करना चाहिए निर्वाचन आयोग मनरेगा भारत निर्वाचन आयोग ने आज से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी में संशोधन के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली मजदूरी कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है मजदूरी की नई दरें नए वित्त वर्ष की शुरूआत पर पहली अप्रैल को अधिसूचित की जाती हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव आदर्श आचार संहिता को देखते हुए इस बारे में निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी थी इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में मजदूरी की दरें अलग अलग हैं और इस वजह से मजदूरी दरों में बढ़ोत्तरी भी अलग अलग होगी यह वृद्वि मौजूदा मजदूरी से पांच प्रतिशत तक अधिक हो सकती है लाहौल सड़क जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में सर्दियों में हुई भारी बर्फबारी से अवरूद्द घाटी की मुख्य सड़कें अब तक भी बहाल नहीं हो पाई हैं केलंग कोकसर मार्ग पर जगह जगह हिमखंड खिसकने से सीमा सड़क संगठन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है हालांकि तांदी उदयपुर सड़क छोटे वाहनों के लिए बहाल होने से लोगों को कुछ सुविधा मिली है परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने केलंग में बताया कि सर्दियों निगम के कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर कुल्लू में सेवाएं देने के लिए लगाया जाता है

चंबा से हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि अजोग चंबा और चंबा किलाड़ के लिए प्रस्तावित उड़ानें नही हो पाई जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा लोगों ने अजोग के लिए नियमित उड़ानें और साच पास के रास्ते पांगी घाटी तक सुंरग निर्माण की मांग सरकार से की है इस बीच पांगी के आवासीय आयुक्त चमनलाल शर्मा ने बताया है कि लोक निर्माण विभाग ने पांगी घाटी के अधिकांश अंदरूनी संपर्क मार्गों को खोल दिया है उन्होंने बताया कि किलाड़ अलवास साच पास सड़क को खोलने का कार्य आज शुरू कर दिया गया है डीसी सिरमौर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणीकरण व निगरानी समिति का गठन किया गया है सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने सभी राजनीतिक दलों को विज्ञापन जारी करने से पूर्व इसका प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करवाने को कहा है उन्होने कहा कि विज्ञापन और पेड न्यूज की श्रेणी में आने वाले समाचार पत्रों के व्यय को संबधित राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के चुनावी खर्च में जोड़ा जाएगा जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडिया से भी आग्रह किया कि वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशिका के अनुसार ही चुनाव संबंधी समाचारों को प्रकाशित या प्रसारित करें